राज्य में नौ हजार दो सौ पंद्रह रिक्त पदों पर नियुक्ति शीघ्र

राज्य में कोरोना संक्रमण के सकिय मामलों में आ रही कमी एक हजार नौ सौ सात लोग इलाजरत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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग को कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा लेने को कहा है वे कल कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आवश्यक प्रमाण पत्रों का निष्मादन आवश्यक है जिससे अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए उन्होंने कार्मिक विभाग को सभी जिलों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड सचिवालय आश्रलिपिक अथवा लिपिकीय सेवा में संशोधन करने का भी निर्देश दिया राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्म से शिष्टाचार भेंट की इस क्रम में उन्होंने राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों विधि व्यवस्था तथा नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी बोकारो जिले के उपायुक्त राजेश सिंह ने निजी कंपनियों को जिले में सीएसआर के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत फूटपाथ विक्रेताओं को किफायती दर पर ऋण मुहैया कराने में रूची नहीं ले रहे नगर निकायों को पांच दिसंबर तक ऋण के आवेदन को निष्पादित करने का निर्देश दिया है

इनमें धनबाद रांची देवघर हजारीबाग गिरिडीह चास फुसरो एवं जमशेदपुर हैं राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस में प्रमोशन के लिए विस्तृत सूची कार्मिक मंत्रालय को भेज दी गयी है युपीएससी ने कुछ जानकारी मांगी है जिसके बाद मंत्रालय प्रमोशन संबंधी अधिसूचना जारी करेगा

स्क्र्टनी करने के बाद सीएम की सहमति लेकर कार्मिक विभाग ने प्रमोशन की अनुशंसा की है अभी फाइल कार्मिक मंत्रालय के पास है वहां से सहमति मिलने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा आइएएस में प्रमोशन दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रपिोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाये गये थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई नीट यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तयिों की प्रक्रिया भी पूरी हुई लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी मंगलवार को केन्द्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने केन्द्र का पक्ष रखा था इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्ररी तरह वचनबद्व है और कृषि विकास हमेशा मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है कल कृषि मंत्री ने दोहराया कि कृषि सुधारों के नए कानूनों को किसानों के हित में लागू किया गया है श्री तोमर ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के रास्ते पर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित होते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला समाज कल्याण विभाग रामगढ द्वारा एक अनुठी पहल शुरू की गई है इसके तहत विभाग द्वारा वाहनों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से संबंधित स्टिकर लगाए जा रहे हैं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नचिकेता मिश्रा ने बताया कि समाज कल्याण विभाग रामगढ़ द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को स्टीकर के माध्यम से लोगों तक पहंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच यह अभियान चर्चा का विषय बने आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि आजसू पार्टी गांव की सरकार की कल्पना को हर हाल में साकार करेगी उन्होंने कहा कि झारखंड में पंचायत चुनाव को संजीदगी से लेने की जरूरत है वे कल आजसू पार्टी के केन्द्रीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे श्री महतो ने कहा कि विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो झारखंड कमजोर होता चला जायेगा उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर आजस पार्टी से आंदोलन करेगी मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य की महागठबंधन सरकार को भरपुर सहयोग दिया है

एसओपी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे पैंसठ वर्ष से ऊपर आयुवर्ग के लोग गर्भवती महिलाएं और दंस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है इन लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकान खोलते ही पहले उन्हें सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रेखना भी अनिवार्य होगा एसओपी में दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे दुकानों के अंदर कम से कम छह फूट की दूरी बनाए रखें और इसके लिए फर्श पर निशान लगाएं दुकान के बाहर और अंदर कतार बना कर लोगों को सामान दें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है नई दिल्ली में सशस्त्रह सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वीरतापुर्वक लडते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर किए हैं उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कल से कोल्हान प्रमंडल के प्रवास पर जायेंगे वे वहां संगठन को मजबूती देने के लिए गहन मंथन करेंगे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि श्री प्रकाश राज्य के सभी जिलों में प्रवास करेंगे इसकी तैयारी चल रही है

संक्षिप्त खबरें अपर श्रमायुक्त श्याम सुंदर पाठक ने कल रामगढ़ में श्रम अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया उन्होंने संधारित उपस्थिति पंजी शिकायत पंजी कैश बुक की जांच की श्री पाठक ने समाधान पोर्टल में प्राप्त लाइसेंस के आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गिरिडीह के पूर्व सांसद राजकिशोर महतो का कल निधन हो गया वे चौहत्तर वर्ष के थे उनके फेफड़े में पानी भर गया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने दुःख जताया है अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज लगभग सभी अखबारों ने राज्य में समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के मुख्यमंत्री के निर्देश संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है नक्सलियों द्वारा लातेहार में खनन क्षेत्र से तीन कर्मियों के अगवा किये जाने की खबर को प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

सभी थानों सीबीआई ईडी के कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पहले पेज पर प्रकशित किया है दैनिक भास्कर ने ब्रिटेन में फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है अखबार ने लिखा है ब्रिटेन आम लोगों को टीके की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना फाइजर की कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी शीर्षक से रांची एक्सप्रेस ने इसे बॉटम खबर के साथ पहले पेज पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नये कृषि कानून को निरस्त करने के लिए किसानों द्वारा संसद के विषेष सत्र बुलाने की मांग को पहली सुर्खी बनायी है वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने किसानों के साथ केंद्र सरकार की अगले दौर की वार्ता संबंधी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है